पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारत ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने यह भी कहा कि गैस के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगभग साठ अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है श्री प्रधान ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन से अपील की कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने पर विचार करें

उन्होंने कहा कि इससे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव राजीव कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी

वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध है उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से लघ् एवं मध्यम उद्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए बिल डिस्काउंटिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉऑपरेटिव बैंक के मामले में वित्तमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने बारबार इस बात का आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगा और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की कोशीश करेगा उन्होंने कहा कि जिस किसी क्षेत्र को धन की आवश्यकता होगी नियमों के अनुसार उसे पैसा दिया जायेगा दुर्घटना होशंगाबाद जिले में आज सुबह हुई एक कार दुर्घटना में राष्ट्रीय स्तर के चार हॉकी खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई और तीन खिलाड़ी गम्भीर रूप से घायल हो गये जिला चिकित्सालय में घायलों का इलाज किया जा रहा है आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि ये खिलाड़ी ध्यानचंद ट्रॉफी में हिस्सा लेने इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे

दुर्घटना में इंदौर के शाहनवाज़ खान जबलपुर के आशीष लाल ग्वालियर के अनिकेत और इटारसी के आदर्श हरद्आ का निधन हो गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने द्र्घटना में खिलाड़ियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं मृतक खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दो दो लाख रूपये दिये जायेंगे घायल खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी खेल मंत्री जीतू पटवारी ने होशंगाबाद जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों से चर्चा की

यह पुरस्कार उन्हें दुनिया से गरीबी दूर करने के बारे में उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर काम के लिए दिया जा रहा है अट्टावन साल के अभिजीत बैनर्जी की शिक्षा भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई

इस समय वे फोर्ड फाउंडेशन के मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी में अर्थशास्त्र के इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं

इसी के मददेनजर केन्द्रीय चुनाव आयोग का एक दल कल झाबुआ में चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेगा यह दल बोरी रानापुर और टीटोल का दौरा करेगा बाद में यह दल झाबुआ जिला मुख्यालय कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों पर्यवेक्षकों और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा

इनमें भाजपा के भानु भूरिया कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया निर्दलीय कल्याण सिंह डामोर नीलेश डामोर और रामेश्वर सिंघार शामिल हैं संस्कृति महोत्सव राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज से जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है कुछ देर पहले राज्यपाल लालजी टंडन ने इसका उदघाटन किया इस दौरान श्री टंडन ने कहा कि लोककलाओं और संस्कृति के प्रोत्साहन में यह महोत्सव कारगर साबित होगा कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन में गायक सुरेश वाडकर पंडित विश्वमोहन भट्ट जयपुर के साबरी ब्रदर्स जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार शोभना नारायण रूपक्मार और सोनाली राठौर जैसे कलाकार प्रस्त्तियां देंगे महोत्सव में माटी के लाल विषय के तहत स्थानीय कलाकारों को भी मुख्य मंच पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों और शिल्पकारों सहित देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा

महिला क्रिकेट अब खबर महिला क्रिकेट की वडोदरा में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में छह रन से हराकर श्रृंखला तीन शून्य से अपने नाम की

मौसम मध्यप्रदेश से मॉनसून पूरी तरह से विदा हो चुका है मौसम केन्द्र ने भी इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है अब राज्य के अधिकांश जिलो में दिन में तेज धूप खिल रही है वहीं सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में बढ़ौतरी हो रही है वहीं हवाओं का रूख उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी होने से रात के तापमान में गिरावट होने लगी है तापमान के इस उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियों की भी शुरूआत हो गई है हवाओं का रूख स्थाई हो जाने के बाद इस महीने के आखिर तक तेज सर्दी पड़ने के आसार हैं

कल यह दल अशोकनगर जिले में फसल क्षति का आंकलन करेगा

नमस्कार